इस मौके उन्होंने कहा कि इस रेल खंड के बनने से रेल सम्पर्क को और गति मिलेगी और ये प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करेगा मनोज सिन्हा ने कहा कि अंब अंदौरा और दौलतपुर चौक के बीच चिंतपूर्णी में स्टेशन भी बनाया गया है जिससे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता चिंतपूर्णी मंदिर आने वाले श्रद्वालुओं को रेल सुविधा मिलेगी

रेल राज्य मंत्री ने कहा कि इस रेल लाईन को दौलतपुर चौक से मुकेरियां तक बढ़ाया जाएगा केंद्रीय मंत्री ने सांसद अनुराग ठाकुर की मांग को पूरा करते हुए अंब अंदौरा बाया देहरा कांगड़ा देवी सर्किट के लिए प्रारंभिक सर्वे शीघ्र करवाने की घोषणा की

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पर्यटन विभाग की वैबसाईट और कैलेंडर जारी करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश में असीम पर्यटन क्षमता है और इसके दोहन से बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार व स्वरोज़गार के अवसर पैदा होंगे इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे

नई दिल्ली में सैन्यकर्मियों को संबोधित करते हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना सीमा पर पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी उन्होंने कहा कि भारत की पश्चिमी सीमा पर बाहरी समर्थन पाने वाले आतंकी गिरोहों से कारगर तरीके से निपटने में सेना पूरी तरह सक्षम है सेनाध्यक्ष ने सैनिकों से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय बेहद चौकस रहने को कहा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री कर्नल राज्य वर्धन राठौड़ ने सेना दिवस के अवसर पर सैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं सरकार जीईएम केन्द्र सरकार ने महिला उद्यमियों और स्वःसहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने में समर्थ बनाने के लिए जीईएम पोर्टल शुरू किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑन लाइन प्लेटफार्म होगा जिससे सरकारी विभाग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां और अन्य एजेंसियां वस्तु और सेवाओं की खरीद करेंगी इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों को समान आर्थिक विकास के अवसर देना है वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से महिला उद्यमियों के लिए स्थानीय तौर पर आर्थिक अवसर बढ़ेंगे

सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों से भारतीय संस्कृति शिक्षा और अन्य विषयों पर संवाद भी किया

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमिहीन और आवासहीन मछुआरों को जमीन और पक्के मकान बनाने का प्रबंध भी करेगी